होली के बाद होगी महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा

और पूरे प्रदेश में होली को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच बातचीत के बाद महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मामला सूलझ गया है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सीटों को लेकर सारे मूददों को सुलझा लिया गया है होली के बाद सीटों के बंटवारे की घोषणा की जायेगी पटना पहुंचने के बाद हवाई अड़डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हये श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है इससे पूर्व कल देर रात नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच हई वार्ता के बाद सीटों को लेकर जारी गतिरोध दूर कर लिया गया इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सीटों की घोषणा के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है उन्होंने ने कहा सभी घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति में उम्मीदवारों की घोषणा की जायेगी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा संसदीय दल की आज होने वाली बैठक भी स्थगित कर दी गयी है

एनडीए के ओर से भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होली बाद की जायेगी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय ने संवाददाताओं से कहा कि प्रत्याशियों के चयन का मामला सुलझा लिया गया है इधर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी कहा है कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होली के बाद की जायेगी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिये गये है केवल औपचारिक घोषणा की जानी बाकी है एक अन्य राजनीतिक घअनाक्रम में पूर्णियां से भाजपा के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस में शामिल हो गये पटना में सदाकत आश्रम स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी इस बात की सम्भावना है कि श्री सिंह को कांग्रेस पूर्णियां सीट से प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चूनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है आज कुल नौ नामांकन दाखिल किये गये पहले चरण वाली सीटों औरंगाबाद में दो गया में एक नवादा में दो जबकि दूसरे चरण के संसदीय क्षेत्र कटिहार में दो पूर्णियां में एक बांका में एक नामांकन का पर्चा भरा गया बसपा के विष्णु देव यादव ने नवादा से और रफीक आलम ने बांका से नामांकन पत्र दाखिल किया अब तक दोनों चरणों के लिए कुल मिलाकर सत्रह नामांकन पत्र दाखिल किये गये है पिछले तीन दिनों में सबसे अधिक सात नामांकन औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दाखिल किये गये हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की पचपन कंपनियां तैनात की गई हैं नक्सल हिंसा से प्रभावित जिलों औरंगाबाद गया नवादा और जमुई में कड़ी चौकसी बरती जा रही है इन जिलों में ग्यारह अप्रैल को पहले चरण के चुनाव होने हैं चुनाव आयोग ने कहा है कि बिना सहमति के व्यावसायिक वाहनों पर पार्टियों का पोस्टर बैनर या झंडा लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा ऐसे वाहनों पर निर्वाचन पदाधिकारी की सहमति से ही चुनाव प्रचार सामग्रियां लगायी जा सकती है प्रदेश में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के उन्नीस मामले दर्ज किये गये है जिसमें सबसे अधिक सम्पत्ति विरूपण के मामले शामिल हैं पश्चिम चम्पारण जिले में लोकरिया थाना में वाल्मिकीनगर विधायक सहित चार लोगों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है शिवहर जिले के सरसौला खूर्द पंचायत की मुखिया रंजू देवी और उनके पति के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है इन दोनों पर भगवानपुर मेरी मठ के पास सार्वजनिक स्थल पर बैनर पोस्टर लगाने के आरोप में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है नवादा सीट को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने नवादा कचहरी रोड में लोजपा कार्यालय का उदघाटन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकवादी शिविरों पर भारतीय वायु सेना की एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है आज ऑडियो ब्रिज के माध्यम से देश भर के सुरक्षा गार्डो के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि बालाकोट में हवाई हमले किए गए लेकिन इसका दर्द भारत के कुछ लोगों द्वारा महसूस किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशस्त्र बलों पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हमारे वायु सैनिकों ने अपनी जान दांव पर लगाकर वीरता दिखाई है उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थो के लिए चौकीदारों के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चला रखा है रंगों का त्योहार होली कल मनाया जायेगा राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में लोग होली के रंग में डूबे हुये हैं विधि विधान के साथ होलिका दहन किया जा रहा है होलिका दहन के लिए जगह जगह परम्परागत तरीके से तैयारी की गयी है शहर के चौक चौराहों और गांव के चौपालों पर अगजा जलाने की विशेष व्यवस्था की गयी है होली को लेकर पुलिस प्रशासन भी विशेष सतर्कता बरत रहा है संवेदनशील जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गयी है पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च भी किया किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है राजधानी पटना में महत्वपूर्ण जगहों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अगलगी की घटनाओं में लाखों रूपये मूल्य की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढ़ाब गांव स्थित बस्ती में अगलगी की घटना में दौ सौ घर जलकर नष्ट हो गये आग बुझाने के क्रम में छह लोग झुलस गये वहीं सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के धर्मप्र जाफर हाता झुग्गी बस्ती में अगलगी की घटना में सौ से अधिक घर जलकर राख हो गये इधर कटिहार रेल मंडल कार्यालय के डेटा सेंटर में शार्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से लाखों रुपये के सामान और कई महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हो गये वहीं शेखपुरा जिले के शेखोपुरसराय प्रखंड अंतर्गत पनहेसा गांव में अगलगी की घटना में दस मवेशियों की झुलस कर मौत हो गयी मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के मधौल गांव के पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक चिमनी भट्टा व्यवसायी से दो लाख रूपये लूट लिये वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के देवरिया गांव से पुलिस ने चौबीस कार्टन विदेशी शराब के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं शेखपुरा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के महाप्रबंधन ललित चंद्र त्रिवेदी ने आज समस्तीपुर मंडल के विभिन्न रेल खंडों पर चलाये जा रहे विद्युतीकरण और दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर बात्मिकीनगर रेलखंड पर जल्द ही विद्युत ट्रेनें चलायी जायेगी बेगूसराय जिले के चकिया थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर श्रीकांत सिंह को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के बड़ी दुर्गास्थान के पास उचक्कों ने एक ग्रामीण के नब्बे हजार रूपये चुरा लिये अररिया में एसएसबी और पुलिस ने जोगबनी के वार्ड संख्या दस में एक घर से लगभग दस लाख रूपये के नेपाली नोट जब्त किये हैं वहीं शेखपुरा जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से दो लाख रूपए नकद जब्त किये है

होली के बाद होगी महागठबंधन और एनडीए के उम्मीदवारों की घोषणा

और पूरे प्रदेश में होली को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल